मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कल शिमला में नुकसान का जायजा लेने आए अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय दल से ये मांग की उन्होंने बताया कि राज्य में बर्फबारी हिम स्खलन भू स्खलन ओलावृष्टि और वर्षा के कारण भारी जान माल का नुकसान हुआ है कौशल विकास कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में कौशल संपन्न बनाने के लिए सिस्को और एसेन्ट्योर के साथ सहयोग किया है

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने सभी राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों और आम लोगों से शिमला स्थित आरट्रैक को शिफ्ट करने के केन्द्र के किसी भी प्रस्ताव का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विरोध करने का आहवान किया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार से भी इस पर अपनी रिथति स्पष्ट करने को कहा है उन्होंने कहा कि आरट्रैक का शिमला में विशेष महत्व है और सेना के पराक्रम की अनेक यादें इससे जुड़ी हुई हैं जिस पर प्रदेश को गर्व है पैंशनर एचआरटीसी के पैंशनरों ने लंबित पैंशन भुगतान की सरकार से मांग की है

चौहान ने कहा कि परिवहन मंत्री ने पैंशनरों की मांगों पर विचार का आश्वासन दिया था मगर अभी तक इस बारे में कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है वरिष्ठ जन आज विश्व वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार निषेध जागरूकता दिवस है

बुजुर्गो के प्रति दुर्व्यवहार में शारीरिक मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना शामिल है

राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान आयोजित किया जाएगा उपायुक्त अमित कश्यप ने कल शिमला में बताया कि इस आयोजन में विभिन्न वर्गों के लोग स्कूली बच्चे स्वैच्छिक संस्थाओं सहित अन्य संस्थाओं के लोग एकसाथ योग की विभिन्न कियाओं का अभ्यास करेंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के नीरदलैंड दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है नीदरलैंड के उद्यमी कांगड़ा में बनाएंगे गोल्फ रिसॉर्ट कौशल विश्वविद्यालय

दैनिक भास्कर लिखता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डालको फूड़स ग्रूप को निवेश का न्योता दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है प्रसंस्करण उद्योग में हिमाचल में निवेश के व्यापक अवसर आपका फैसला के अनुसार सीएम ने डाल्को प्रोटीन आधारित भोजन के बारे में जाना

हादसों से सबक नहीं उफनती व्यास में अंधेरे में राफ्टिंग शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कुल्लू में सुरक्षा नियम दरकिनार चंद रूपयों के लिए पर्यटकों की जान से हो रहा खिलवाड़

हिमाचल में खनन के लिए सौ साइट्स सिलेक्ट लाहौल स्पीति किन्नौर में नहीं मिलेंगी साइट्स शीर्षक से खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है हिमाचल दस्तक लिखता है प्रदेश हाईकोर्ट ने पूछा क्यों न भंग कर दें नाहन नगर परिषद

दिव्य हिमाचल और अमर उजाला की एक जैसी सुर्खी है एनएचएम कर्मी के मानसिक उत्पीड़न पर बीएमओ सस्पेंड